दूरदर्शन के चैनल डी डी साइंस और इंटरनैट आधारित चैनल इंडिया साइंस कल से हुये शुरू

विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंम दो हजार उन्नीस कल प्रयागराज में शुरू हो गया कुंभ का शुभारंभ विभिन्न अखाड़ों के साध संतों की गंगा यमुना और विलृप्त सरस्वती की धाराओं में पहली ड्वकी लगाने के साथ हुआ कल लगभग दो करोड़ श्रद्वालुओं ने संगम पर स्नान किया इस विश्वस्तरीय आयोजन को दिव्य और भव्य रूप से मनाने के साथ साथ सुरक्षित ढंग से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किये गये हैं इसी क्रम में स्नान के लिए इक्कीस घाट बनाये गए हैं महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है पहली बार तीन महिला पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं इसके अलावा पैंतालिस पुलिस थानों और अट्ठावन पुलिस चौकियों सहित बीस हज़ार सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं श्रद्वालुओं के आवागमन के मद्देनज़र रेलवे ने एक हज़ार सात सौ ग्यारह स्पेशल ट्रेने चलाई हैं जबकि राज्य परिवहन निगम ने छह हज़ार बसें संचालित कर रखी है कल केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साध्वी निरंजन ज्योति ने त्रिवेणी पर पवित्र डुबकी लगाई कुंभ मेला उन्चास दिनों तक जारी रहेगा तथा इसका समापन आगामी चार मार्च को महाशिवरात्रि के दिन होगा एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से प्रशासन के चाकचौबन्द सुरक्षा व्यवस्था और इंतजामों के बीच पहला शाही स्नान शानतिपूर्वक सम्पन्न हो गया इस दौरान सरकार के दिव्य भव्य और स्वच्छ कुम्म की पूरी बानगी नजर आई साथ ही बड़ी संख्या में आए श्रद्वालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई

प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वाराणसी में इस माह की इक्कीस तारीख़ से शुरू हो रहा है भारतीय संस्कृति और धरोहर पर वार्षिक आयोजन गंगा महोत्सव प्रयागराज के विभिन्न गंगा घाटों पर इस महीने की इक्कीस से तेईस तारीख़ तक आयोजित किया जा रहा है इस सिलसिले में विशेष तैयारियां की गई है इस दौरान सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कुंभ में भी भाग लेंगे ताकि वे इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के महत्वपूर्ण पहलुओं को न सिर्फ करीब से देख सकें बल्कि इसके सामाजिक विविधता के पक्ष के प्रत्यक्षदर्शी भी बन सकें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा के दूसरे संस्करण में परीक्षा पर छात्रों अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत दिलचस्प होगी उन्होंने छात्रों से माईगॉव ओपन फोरम की विशेष स्पर्धा में भाग लेने का आग्रह किया

मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में ये घोषणा की उन्होंने कहा कि अनुसुचित जाति अनुसुचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की वर्तमान आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ किए बिना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो का आरक्षण लागू किया जाएगा उन्होंने बताया कि मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एक सप्ताह के अंदर इस आशय के आदेश जारी कर देंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने दूरदर्शन के साथ मिलकर दूरदर्शन चैनल डीडीसाइंस और इंटरनैट आधारित इंडिया साइंस की शुरूआत की है इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कहा इन चैनलों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से जनता को बड़ा फायदा होगा

इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने कहा एक तरफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान प्रसार के पास जानकारी है दूसरी तरफ दूरदर्शन के पास तीन करोड़ से ज्यादा घरों में अप्रोच है निश्चित रूप से यह संगम एक नई विचारधारा समाज में विज्ञान के प्रति एक नई सोच को पैदा करेगा प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री सिद्वार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड जारी करने के लिये बीस से तीस जनवरी तक सभी ज़िलों में व्यापक अभियान चलाया जायेगा लखनऊ में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा मरीजों को लाभान्वित कराने के कामों में और अधिक तेजी लॉई जानी चाहिए उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत एक हजार पांच सौ पैंतीस अस्पतालों को सूचीबद्द किया गया है श्री सिंह ने कहा कि अब तक छह लाख से अधिक लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड मुहैया कराये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि चार महीने से भी कम समय में बीस हजार से अधिक गरीबों को इस योजना के तहत इलाज उपलब्ध कराया गया है मकर संक्रांति का पर्व कल पूरे प्रदेश में आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मान्यता के अनुसार यह त्योहार पौष माह में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है इस त्योहार के देश के सभी राज्यों में अलग अलग नामों और तरह तरह के रीति रिवाजों के साथ श्रद्वा पूर्वक मनाये जाने का प्रचलन है प्रदेश में यह त्योहार मुख्य रूप से दान पर्व है समूचे राज्य में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और इस दिन खिचड़ी खाने व खिचड़ी दान देने का अत्याधिक महत्व होता है इसी क्रम में वाराणसी में कल गंगा घाटों पर श्रद्वालुओं का जन सैलाब उमड़ा स्नान के बाद श्रद्वालुओं ने गरीबों में चावल दाल काला तिल गुड़ और द्रव्य दक्षिणा का दान किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पावन पर्व पर गोरखपुर स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में खिचड़ी का भोग लगाया सदियों से नाथ सम्प्रदाय के इस मंदिर में मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी चढ़ाने की परम्परा रही है गोरक्षनाथ मंदिर में आसपास के जिलों के अलावा बिहार और नेपाल से भी भारी संख्या में श्रद्वालु खिचड़ी चढ़ाने आते हैं एक माह तक मंदिर परिसर में चलने वाला खिचड़ी मेला भी से कल शुरू हो गया भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कल बभनान रेलवे स्टेशन पर उच्चीकृत प्लेटफार्म और नये यात्री प्रतीक्षालय का लोकार्पण किया इस अवसर पर श्री ट्विवेदी ने कहा कि रेल यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिये पूर्वोत्तर रेलवे ने कई प्रभवी कदम उठाये हैं उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों से बमनान आने जाने वाले यात्रियों को इन सुविधाओं का लाभ मिलेगा कार्यक्रम में अपर मंडल रेल प्रबंधक प्रवीण पाण्डेय सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद थे देशभर में कल इकहतरवां सेना दिवस मनाया गया इस अवसर पर नई दिल्ली में सैन्यकर्मियों को संबोधित करते हुए थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना सीमा पर पाकिस्तान की ओर से आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए कठोर कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी उन्होंने कहा कि भारत की पश्चिमी सीमा पर बाहरी सम्थन पाने वाले आतंकी गिरोहों से प्रभावी ढंग से निपटने में सेना पूरी तरह सक्षम है